बीकानेर के देशनोक में आज श्रीकरणी माता पेनोरमा के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि करणी माता ने गोरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सामाजिक भेदभाव को दूर करने संदेश दिया उन्होंने जंगल गोचर और ओरण भूमि को बचाने के लिए सामाजिक चेतना भी जागृत की इसके बाद श्रीमती राजे हनुमानगढ के नोहर में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने जिले की मेघावी छात्राओं व दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की और ॅअन्नपूर्णा दुग्ध योजना के तहत स्कूली छात्राओं को दूध पिलाया उज्जवला गैस योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए

उन्होंने बताया कि अब तक एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी लेना बंद कर दिया है उन्होंने रेनवाल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार कार्यों का भी शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री राठौड़ ने लोगों से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की

राजस्थान परिमंडल और फि्लैटलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया की ओर से हुई गोष्ठी में आज हवामहल की पृष्ठभूमि पर आधारित विशेष आवरण जारी किया इसी के साथ एक बुकलेट का भी विमोचन किया गया जिसमें जयपुर राजघराने के ढाई आने का टिकिट भी शामिल है इसे किसी पक्षी पर जारी दुनिया का सबसे सुंदर टिकिट घोषित किया गया है

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि सरकार राज्यों और सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को लागू करेगी इस कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए मुफ्त दवाइयां मिलेंगी और जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी प्रेस वक्तव्य में श्री पांडे ने प्रदेश के सभी कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वे कोई भी ऐसा बयान नहीं दे जो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ हो उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गॉधी के नेतृत्व में होंगे जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं का सामूहिक योगदान और भूमिका होगी दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में कहा कि वे राजस्थान की जनता से दूर नहीं हैं

इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि बैठक में सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाने वाली उपयात्राओं पर भी चर्चा की गई उन्होंने कहा कि समी सांसद और विधायक इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं

सीकर के नाथूसर में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज छत्तीसगढ में नक्सली हमले में शहीद हुए लोकेन्द्र सिंह शेखावत के परिजनों से मुलाकात की

झालावाड जिले की चछलाव ग्राम पंचायत में केन्द्र सरकार की गोवरधन योजना के तहत बॉयो गैस बनाई जायेगी

सिरोही जिले में आज गौपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने खेलकृद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और कई स्थानों पर जन सुनवाई भी की बांसवाड़ा के गढ़ी क्षेत्र में कल रात एक पेट्रोल पम्प पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने आज तीन आरोपियों को गिरफुतार कर लिया

अजमेर के श्रीनगर में केन्द्र सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर चलाए जा रहे विशेष जन चेतना कार्यक्रम साफ नीयत सही विकास का आज समापन हुआ